संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य राज्यों में फंसे राज्य के लोगों को वापस लाने की पहल श्रू की है और इसे देखते ह्ए यह दल बनाया गया है म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक टवीट् में बताया कि यह प्लिस दल उपाय्क्तों प्लिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य विभाग की जिला निगरानी टीमों के साथ तालमेल से काम करेगा इधर राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर कई विधायको और आलाधिकारियों ने आज पाप्मपारे जिले के प्लिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में क्वारेनटिन स्विधाओ को लेकर बैठक की

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है और लोगो को इसके बारे में सही स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए

बी पी एल कॉलोनी में साफ सफाई और आवश्यक स्विधाओं के विकास का कार्य श्रु हो गया है राज्य के ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर कई विधायको ने बी पी एल कॉलोनी को क्वारेनटाइन सेंटर बनाने का विरोध कर रहे स्थानीय लोगो के साथ बैठक की गृहमंत्री ने स्थानीय लोगो को इस कॉलोनी में न आने का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी पहल्ओ पर विचार करने का बाद यहां क्वारेनटिन सेंटर बनाया है विधायक तेची कासो ने लोगो से अफवाहो पर ध्यान न देते हुए सहयोग करने की अपील की है

उल्लेखनीय है कि म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने हाल ही में प्रदेश के महत्वपूर्ण बारह चेकगेटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को सौंपी है जिसमें दिराक चेकगेट के प्रबंधन का कार्य उपम्ख्यमंत्री चाउना मेन को दिया गया है बैठक के दौरान उपम्ख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा राज्य सरकार लोगो की स्रक्षा स्निश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिको को वापस लाने और यहाँ से अपने राज्य में जाने की इच्छा रखने वाले लोगो के आवेदन पर प्राथमिकता से विचार कर रही है

जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह तथा स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने आज पासीघाट स्टेडियम एपैक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तथा ट्रिस्ट लॉज स्थित क्वारेनटाइन सेंटर में जाकर पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से आये छात्र छात्राओ तथा लोगो से उनका हाल चाल लिया एपैक्स प्रोफेशनल य्निवर्सिटी स्थित महिला क्वारेनटाइन सेंटर में जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने कहा कि किसी भी चीज को जरुरत हो तो वे अपने सेंटर के इंचार्ज को बताये स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने लोगो से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की

श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है केंद्रीय ग़हमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीता रामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे

पहले हो च्की परीक्षाओं की डेढ़ करोड़ से अधिक उत्तर प्स्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल यह घोषणा की

संगठन ने लॉकडाउन से प्रभावित दापोरिजो के नियी मार्केट एरिया के कामगारों को राशन वितरित करते हुए उनके मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की